इससे पहले गृह मंत्रालय ने अभियुक्त मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी थी और उर्स खारिज करने की सिफारिश की थी मुकेश सिंह ने कुछ ही दिन पहले अपनी सजा माफ करने की गुहार लगाई थी गृह मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की उस सिफारिश को दोहराया था कि इसे खारिज किया जाये इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी कल दया याचिका को खारिज किये जाने का गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था अब से कुछ देर पहले मिले समाचार के अनुसार निर्भया दुष्कर्म मामले के आरोपियों को अब एक फरवरी को फांसी दी जायेगी दिल्ली की एक अदालत ने आज नया खेथ वारंट जारी किया अदालत ने दोषियों को सुबह छः बजे फांसी देने का समय निश्चित किया है इससे पहले निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों अभियुक्त मुकेश सिंह विनय शर्मा अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को इस महीने की बाइस तारीख को तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी थी

यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होगा पूरे देश से दो हजार से अधिक छात्र अमिमावक और शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का जवाब देंगे और छात्र परीक्षा के दबाव से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे फरवरी दो हजार अट्ठारह में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में महान् क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की सलाह की चर्चा की थी तेंदुलकर ने कहा कि वह खेलते समय केवल बॉल पर ध्यान केन्द्रित करते थे भूत और भविष्य की कोई चिन्ता नहीं करते थे हमारे देश के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर उन्होंने कहा कि मैं जब खेलता हूं मैं उस समय उसी बॉल को खेलता हूं जो आ रहा है बाकि सब भूल जाता हूं वर्तमान में जीने की आदत कन्संट्रेशन के लिए एक रास्ता खोल देती है

उच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के लिए कम उम्र होने के कारण उनका चुनाव रद्द किया था बहुजन समाज पार्टी के पराजित उम्मीदवार नवाज अली खान ने उन्हें रामपूर जिले के स्वार विधानसभा सीट से चुने जाने पर चुनौती दी थी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवान कारावास को चुनौती देने वाली याचिका पर आज केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जवाब मांगा न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया इस मामले की अगली सुनवाई अब चार मई को होगी प्रदेश की बांगरमऊ सीट से विघायक सेंगर को उन्नाव की एक नावालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए निचली अदालत ने पिछले माह आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में पिछले दो दिनों से जारी वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है राज्य में कई स्थानों पर ओलावृष्टि के भी समाचार हैं गोरखपूर बस्ती गोंडा और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से रूक रूक कर वर्षा हो रही है राजधानी लखनऊ कानपुर और आसपास के जिलों में भी कल से रूक रूक हो रही बारिश से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है कई स्थानों पर हुई ओलावृष्टि ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अत्यधिक वर्षा के कारण दलहनी और तिलहनी फसलों को नुकसान हो सकता है उधर कड़ाके की ठंड और वर्षा के कारण आज प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में अवकाश रहा कई जनपदों में कल भी विद्यालय बंद रहेंगे मौसम विभाग ने अगले बारह घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना जतायी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को वर्षा से प्रमावित जिलों में तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने गरीबों और निराश्रितों को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलवाने और कंबल वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं